कोरोना संक्रमण को देखते हए सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने पत्रकारों को सत्र के संबंध में जानकारी दी इस बीच राज्य विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल कोरोना संक्रमित पाये गये हैं

विधानसभा अध्यक्ष ने उनके संपर्क में आए लोगों से आइसोलेट होने और सावधानी बरतने की अपील की है

नई गाइडलाइन के तहत राज्य में आने वाले हर व्यक्ति की बॉर्डर चेक पोस्ट रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट और सीमावर्ती बस स्टैंड पर थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी गई है किसी में भी कोरोना संक्रमण के लक्षण पाये जाने पर जिला प्रशासन उस व्यक्ति का एंटीजन टेस्ट कराएगा नई गाइडलाइन में क्वारंटीन के नियमों में कुछ बदलाव किये गए हैं सात दिन से कम समय के लिए उत्तराखण्ड आने वाले लोगों को क्वारनटीन नहीं होना होगा कोरोना के लक्षण महसूस होने पर वो स्वास्थ्य केंद्रों में टेस्ट करा सकते हैं

इसके अलावा कोरोना संक्रमण के लिहाज से हाई लोड शहरों की श्रेणी को भी हटा दिया गया है ऐसे शहरों से आने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से संस्थागत क्वारंटीन नहीं होना होगा

उत्तराखंड से पांच दिनों के लिए बाहर जाने वाले एसिम्टोमैटिक लोगों को वापसी पर क्वारनटीन नहीं होना होगा

राज्य में आने वाले और एक जिले से दूसरे जिले की यात्रा करने वाले हर व्यक्ति और पर्यटकों को स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा साथ ही आरोग्य सेत एप भी डाउनलोड करना होगा नई गाइडलाइन के अनुसार सैलानियों को कम से कम दो दिनों के लिए होटल या होम स्टे में रजिस्ट्रेशन कराना होगा उन्हें अपने साथ चार दिन के अंदर कराई गई कोरोना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट भी लानी होगी रिपोर्ट नहीं होने पर वो राज्य के बॉर्डर पोस्ट रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर भुगतान करके अपना एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं

उन्होंने ग्रोथ सेंटर में बनाये जा रहे उत्पादों का निरीक्षण भी किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ग्रोथ सेंटर के कैटलॉग का विमोचन किया और स्थानीय लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष के चेक भी वितरित किये स्थानीय किसानों और युवाओं को विभिन्न कृषि और गैर कृषि आधारित उत्पादों के संग्रहण प्रसंस्करण और विपणन केन्द्र के रूप में थानों में कृषि पर आधारित ग्राम्यनिधि ग्रोथ सेंटर बनाया गया है

सभी ग्रोथ सेंटर अलग अलग कॉन्सेप्ट पर तैयार किये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर न्याय पंचायत पर एक ग्रोथ सेंटर बनाने की दिशा में काम कर रही है उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों की बाजार में बहत अधिक मांग होने के चलते हमें स्थानीय उत्पादों को और अधिक प्रमोट करने की जरूरत है इस अवसर पर जलागम मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस ग्रोथ सेंटर की सबसे अच्छी विशेषता है कि इसे स्थानीय किसानों का संगठन मालकोटी स्वायत्त सहकारिता संचालित करेगा

उन्होंने कहा कि ग्रोथ सेंटर के बनने से आस पास के किसानों को भी फायदा मिलेगा

इनका डीएनए सैम्पल सुरक्षित रखा गया है और पंचनामा की कार्यवाही के बाद सभी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है माना जा रहा है कि ये केदारनाथ आपदा में लापता श्रद्वालुओं के कंकाल हैं रूद्रप्रयाग जिले के पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने यह जानकारी दी चारों कंकाल गरूड़ चट्टी र्स गौ मुखड़ा के बीच मिले हैं उन्होंने बताया कि कंकालों को दृढंने के लिए शुरू किए अभियान का आज पांचवां और अंतिम दिन था अब इस अभियान को नहीं चलाया जायेगा उन्होंने कहा कि इसके बाद एक विज्ञापन जारी कर लापता तीर्थयात्रियों के परिवारों से डीएनए जांच के लिये अनुरोध किया जायेगा

इन टीमों ने केदारनाथ घाटी में अलग अलग क्षेत्रों में सर्च अभियान चलाया इनमें राज्य आपदा प्रबंधन बल पुलिस और स्थानीय गाइडों के अलावा मेडिकल विमाग के लोग शामिल थे वर्चुअल रैली मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद उत्तराखण्ड की वर्चअल रैली को संबोधित किया इस दौरान उन्होंने परिषद से जुडे अधिक्ताओं के विचार और सुझावों की जानकारी ली मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न शासनादेश और अधिनियम जारी करने से पहले उन्हें पब्लिक डोमेन में डाले जाने के निर्देश दिये गये हैं ताकि उसमें अधिक से अधिक सुझाव प्राप्त हो सके और वे व्यावहारिकता के साथ लागू हो सके उन्होंने कहा कि देहरादून स्थित सभी कोर्ट एक ही परिसर में स्थापित हों इसके प्रयास किये जायेंगे जल संरक्षण पौड़ी गढ़वाल में चौबट्टाखाल तहसील के नाई गांव में इन दिनों ग्रामीण चाल खाल यानी जलाशयों का निर्माण कर रहे हैं क्षेत्र में अन्य जगहों पर भी इसी तरह के जलाशयों का निर्माण किया जा रहा है ग्रामीणों का कहना है कि चाल खाल के बन जाने के बाद बरसाती पानी उसमें रुकेगा और नजदीक के पानी के प्राकृतिक च्रोत फिर से रीचार्ज हो जाएंगे वहीं गांव के युवाओं का कहना है कि लोगों द्वारा दिन प्रतिदिन पानी का उपयोग अधिक मात्रा में किया जा रहा है लेकिन पानी के संरक्षण के लिए बहत कम लोग सोच रहे हैं